मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना है

उन्होंने कहा कि कल माघ पूर्णिमा के दिन संत श्री रविदास जी की जयंती मनाई गई उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक ब्राइयों के बारे में ख्लकर अपने विचार व्यक्त किये और लोगों को सही रास्ता दिखाया श्री मोदी ने कहा कि आज भी संत रविदास जी के विचार और उनका ज्ञान हमारा पथप्रदर्शन करते हैं श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को संत रविदास से सीख लेकर उनके बताये रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए बागेश्वर मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में बागेश्वर जिले के जगदीश कुनियाल के काम का जिक्र करते हुए उनके काम की तारीफ की उन्होंने इस बात पर खूशी जाहिर की कि श्री जगदीश ने पानी की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए गांव के सूख गये प्राकृतिक जल स्रोत्र को वृक्षारोपण कर फिर से नया जीवन दिया है बागेश्वर जिले की गरूड़ तहसील के सिरकोट सहित परकोटी घांघली कंधार और कालीगढ़ गांव के लोग पानी लिए सीम गधेरा यानी प्राकृतिक जलस्रोत पर ही निर्भर करते थे

उन्होंने चौड़ी पत्ती वाले बांज बुरांश देवदार उतीस शीशम और सुराही के हजारों पौधे रोपे इसके सांथ ही जलस्रोत से निकलने वाली धारा के प्रवाह मार्ग में कई छोटे छोटे रिचार्ज पिट भी बनाए

उन्होंने कहा कि श्री मोदी की बातों से उन्हें भी पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रेरणा मिली है

राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भरालीसैण में बजट सत्र की समी तैयारियां पूरी कल ली गयी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों से निश्चित आयु समूह के लोगों को वैक्सीन दिए जाने के सम्बंध में चर्चा की

इस अवसर पर आयुष मंत्री ने कहा कि इस भवन का निर्माण के बाद यहां वेलनेस सेन्टर और योगा केन्द्र भी स्थापित किये जायेगें

कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल ने कहा इन कार्यक्रमों के दौरान सरकार द्वारा लाभान्वित लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा इस दौरान अधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूह ग्रोथ सेंटर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग कृषि बागवानी जड़ी बूटी हथकरघा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगो को भी चिन्हित कर उन्हें सम्मानित करने के निर्देश दिये मौसम मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की गरज के साथ बारिश और बर्फवारी की संभावना है इसके साथ ही अन्य स्थानों पर मौसम सामान्य बना रहेगा सेना मेडल बागेश्वर जिले के धपोलासेरा निवासी सेना के हवलदार रविंद्र सिंह धपोला को वीरता के लिए सेना मेडल प्रदान किया गया है

हवलदार धपोला की इस उपलब्धि पर उनके गांव में ख्शी का माहौल है